बारिश प्रदेश में पिछले सात दिनों से हो रही बारिश से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त होने की खबरें हैं

कुछ स्थानों पर अत्याधिक बारिश से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है हालांकि कृषि वैज्ञानिक इस बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं बारिश से कई जिलों में सूखने की कगार पर पहुंची धान और मक्के की फसल फिर लहलहाने लगी है

सर्वाधिक वर्षा भोपाल जिले में और सबसे कम वर्षा सीधी जिले में दर्ज हुई है न्यायाधीश सीबीबाई उच्चतर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुये प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बड़ा फैसला लिया है उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश एस एन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को मामला दर्ज करने की इजाजत दी है मामला एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है यह पहला अवसर है जब उच्च न्यायालय के किसी पीठार्सीन न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह से सीबीआई को मामला दर्ज करके जांच करने की अनुमति दी गयी है गौरतलब है कि केन्द्रीय जांच ब्युरो ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ नियमित मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआई द्वारा पेश पत्र और दस्तावेजों का संज्ञान लेते हये जांच ब्यूरो को इसकी अनुमति प्रदान की

आपकी सरकार आपके द्वार नामक इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के प्रभारी मंत्री अन्य मंत्रीगण विधायकगण कलेक्टर तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी जिले के किसी एक गांव में आकस्मिक रूप से जाकर वहां शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का अवलोकन और निरीक्षण करेंगे इसके बाद वे जिले के एक विकासखंड में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे और प्राप्त आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करेंगे आपकी सरकार आपके द्वार का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी विकास संबंधी मांगें प्राप्त करना तथा उनकी पूर्ति प्रशासन और शासन को ग्रामीण नागरिकों के और करीब लाना और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना है

अयोध्या मध्यस्थता पैनल अयोध्या जमीन विवाद बातचीत से सुलझाने के लिए गठित की गई मध्यस्थता पैनल आज सुप्रीम कोर्ट को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा

गौरतलब है कि इससे पहले याचिकाकर्ता ने कहा था कि मध्यस्थता पैनल से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है इसलिए कोर्ट को जल्द फैसले के लिए रोज सुनवाई पर विचार करना चाहिए इस पर कोर्ट ने कहा था कि मध्यस्थता पैनल की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही तय करेंगे कि अयोध्या मामले की सुनवाई रोजाना की जाए या नहीं अगर संभव हआ तो कल से मामले की दैनिक सुनवाई शुरू की जा सकती है

पहला सुन्नी वक्फ बोर्ड दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा रामलला

विधेयक में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ बनाने एवं सडक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले सख्त प्रावधान किए गये हैं संशोधनों के कारण अब यह विधेयक फिर से लोकसभा में जाएगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि विधेयक के प्रावधानों को लागू करना राज्यों की मर्जी पर निर्भर है विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के मकसद से काफी कठोर प्रावधान रखे गये हैं किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाना शराब पीकर गाड़ी चलाना निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाडी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कडे जुर्माने का प्रावधान किया गया है इसमें एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है

माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला पर्यतारोही मेघा परमार को महिला बाल विकास द्वारा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मेघा परमार ट्रस्ट मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं का झण्डा लेकर कल माउंट एलब्रुस पर चढ़ाई की शुरुआत करेंगी

उन्होर्न कहा कि मेघा बेटियों के लिये नई प्रेरणा स्त्रोत बनकर उभरी है छापामार कार्यवाही प्रदेष सरकार के सख्त होने के बाद की जा रही छापेमार कार्रवाई में प्रदेष भर खाद्य पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है सागर जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के दल नेएफबीओ ब्रंद मल्टी फूड़स प्रोसेसिंग प्रायवेट लिमिटेड में छापा मारा कार्यवाही के दौरान वहां काफी मात्रा में मिलावटी समान मिलने के बाद उसे सील कर दिया गया वहीं मुरैना जिले में एसटीएफ ने मिलावटी पदार्थों के मामलों में कार्रवाई कर दो लोगों को जेल भेजा है बैडमिंटन थाइलैंड ओपन बैडमिंटन में आज भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदम्बी श्रीकांत अपने दूसरे दौर के मैच खेलेंगे साइना जापान की साइका ताकाहाशी से भिड़ेगी वहीं श्रीकांत का मुकाबला थाइलैंड के ही खोषित फेतप्रदब से होगा साइना श्रीकांत एच एस प्रणय परुपल्लीम कश्यप बी साई प्रणीत और शुभंकर डे कल अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराकर प्रतियोगिता के अगले दौर में पहंच गए थे

उन्होंने कहा कि इस पहल से राजकोष के करोड़ों रूपये की बचत होगी

उसे बांधवगढ़ के इनक्लोजर मे रखा गया डेढ़ साल बाद उसे इनक्लोजर से बाहर निकाला जायेगा